सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

रूस के इस टीके से अधिक से अधिक लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाने की क्षमता बढ़ाने के भारत के प्रयासों को मजबूती मिलने की उम्मीद है स्पूतनिक वी भारत की कंपनी डॉ रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ भारतीय बाजार में उतर रही है पहली खेप में डेढ़ से दो लाख खुराक आएगी

स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्र राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को दी जाएगी पीएम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को बिना किसी दिक्कित के मुफ्त खाद्यान्न् का लाभ सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों को राज्यों के साथ निकट समन्वय से काम करने का निर्देश दिया है उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न अधिकार प्राप्त समूहों के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की बैठक में कहा गया कि वन नेशन वन राशन कार्ड पहल से अधिक लोगों को फायदा हुआ है आपूर्ति श्रृंखला और सामान प्रबंधन की सुविधा से संबंधित मुद्दों पर अधिकार प्राप्त समूह ने महामारी को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों से संबंधित विभिन्न परामशों पर प्रस्तुति दी श्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे माल की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए समग्र योजना बनाएं ताकि आपूर्ति श्रृंखला में व्यवघान से बचा जा सके कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी में तेजी आई है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट दर्ज की जा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश को अब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है

मिल रही खबरों के मुताबिक ग्वालियर जिले में कल एक हजार एक सौ पांच नए मरीज मिले हैं

ऑक्सीजन संयंत्र प्रदेश के जल संसाधन एवं इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर के सभी निजी अस्पतालों से कहा है कि वे ऑक्सीजन की उपलब्यता में आत्मनिर्भर बनें उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल संचालक अपने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का संयंत्र लगाएं प्रदेश सरकार इस कार्य में हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी इंदौर में निजी अस्पताल के संचालकों के साथ बैठक में जल संसाधन मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए भविष्य के लिए यह अत्यंत जरूरी है

इस दौरान उन्होंने कहा कि एक महीने के भीतर जिले में दो ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएंगे

नई व्यवस्था में यह उपार्जन कार्य एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है इस संबंध में कल कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि कोरोना संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है

उन्होंने बताया की इस संबंध में राज्यों के लिए पृथक पृथक आदेश जारी किये गये है जन आंदोलन होम आइसोलेट रहकर कोरोना की जंग जीतने वाले सागर के शिक्षक राम मिलन मिश्रा का कहना है कि कोविड गाइड लाइन का पालन कर तथा डॉक्टर की सलाह पर अमल कर उन्होंने कोरोना को हराया है

संभाग आयुक्त डॉ पवन कुमार शर्मा ने बताया कि प्लाज़्मा के लिए सभी संभावित दाताओं से संपर्क कर उनके एंटीबॉडी की जाँच के बाद उनसे प्लाज्मा लिया जाएगा डॉ शर्मा ने बताया कि यह प्रक्रिया रक्तदान की तरह ही है इसमें प्राप्त किए गए रक्त से प्लाज्मा को अलग कर कोरोना संक्रमित मरीजों को दिया जाता है इस प्लाज्मा के माध्यम से मिले एंटीबॉडीज से मरीज कोरोना को हरा सकता है

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ घोना भी है जरूरी